कांग्रेस ने केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था में गिरावट आने का आरोप लगाया तीतली चक़वात के कमजोर पड़ने के बाद भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उसे किसान याद आने लगे है श्री चौहान ने आज शिवपूरी के खनियाधाना में जनआशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे है जबकि केन्द्र और प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो किसानों के लिये कुछ नही किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश में सड़कबिजलीस्कूल एवं सिंचाई के संसाधनों का अभाव था उस दौर में प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता था श्री चौहान ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद से हर क्षेत्र में प्रगति हई है उन्होंने कहा कि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बढोत्तरी हुई है वही सिंचाई के संसाधनों में भी वृद्धि हुई है एमजे अकबर विदेश राज्य मंत्री एमजेअकबर ने उन पर लगाये जा रहे यौन उत्पीडन के आरोपों को निराधार बताया है श्री अकबर ने आज नई दिल्ली में कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाना उच्च वर्गो में वायरल बुखार की तरह हो गया है उन्होंने कहा कि इस संबंध में कानूनी कार्रवाई के बारे में उनके वकील फैसला करेंगे श्री अकबर ने आम चुनाव के कुछ महीने पहले लगे इन आरोपो पर भी संदेह व्यक्त किया उन्होंने कहा कि निराधार और झुठे आरोपों से उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है गौरतलब है कि कई महिला पत्रकारों ने श्री अकबर पर संपादक पद पर रहने के दौरान यौन उत्पीडन करने का आरोप लगाया था

श्री शाह ने होशंगाबाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में मध्यप्रदेश के साथ काफी अन्याय हआ एक अन्य सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि राहल गांधी के सवालों के जबाव देने की जरूरत नही हैहम जनता के सवालों का जबाव देने को तैयार है उनके सतना रीवा डिंडोरी और जबलपुर में भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं श्री शाह और पांच केन्द्रीय मंत्री आज होशंगाबाद में नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के नौ जिलों के पालक संयोजक और बूथ संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसके अलावा वे कल सतना में कमल शक्ति सम्मेलन के आयोजन में शामिल होंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल से ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे

सीमा सील विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश से लगी पड़ोसी राज्य की सीमाओं को सील करने के आदेश दिये गये है प्रदेश के छतरपुर और भिंड सरीखे जिन जिलों की सीमाएं अन्य पडोसी राज्यों से लगी हुई है उनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जायेगी

प्रशासन का दावा है कि इन कैमरों की मदद से सीमा पार आने जाने वाले लोगों की निगरानी की जा सकेंगी

विज्ञापन रोक विधानसभा चुनाव के मददेनजर भोपाल जिले में एमसीएमसी कमेटी के प्रमाणीकरण के बिना किसी भी राजनैतिक विज्ञापन के केवल नेटवर्क के प्रसारण पर रोक लगा दी गयी है जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाड़े ने आज भोपाल में कहा है कि विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा श्री खाडे ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को मतदान के प्रति प्रोत्साहित किया जायेगा विशेषकर दिव्यागजनों को मतदान करने के लिये सहयोग दिया जायेगा उन्होंने कहा कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता सूची में से दिव्यांगजनों को चिहिन्त कर लिया गया है और उनसे संपर्क किया जा रहा है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि पिछले साढे चार वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की गयी है श्री शर्मा ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले निवेश में भी कमी आई है

जापानी बुखार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जापानी बुखार में भारत में पहले से उपयोग की जा रही दवा मीनोसाइक्लिन जापानी बुखार सहित सभी प्रकार के अक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम में अधिक कारगर है सीएसआईआर की प्रयोगशाला नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिर्बन बासु ने बताया कि जापानी बुखार भारत को छोडकर दुनिया के अन्य देशो से अब समाप्त हो चुका है यह बीमारी देश में मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश तक सीमित है

मौसम विभाग ने पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्वालियर भोपाल बैतूल खजुराहोछिंदवाडा खरगोन सहित अन्य स्थानों पर रात के तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गयी है

राजधानी भोपाल सहित उसके आसपास के क्षेत्रों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हुई और रात में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है